वैकल्पिक वित्तीय प्रबंधन पर आज भोपाल में आयोजित की जायेगी एक दिवसीय कार्यशाला प्रदेश में लागू नहीं किया जायेगा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर एनपीआर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्थिति की स्पष्ट

ये बात जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा ने कल योजना क्रियान्वयन के लिए आयोजित बैठक के दौरान कही नल जल योजना का संधारण ग्राम पंचायत की पेयजल उप समिति करेगी

कार्यशाला मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भोपाल में ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट फायनेन्सिग पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालिया इसमें मुख्य अतिथि होंगे यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने परियोजनागत वैकल्पिक वित्तीय प्रबंधन की पहल की है वित्तमंत्री तरूण भनोत ने बताया है कि कार्यशाला में ऑल्टरनेट प्रोजेक्ट फायनेन्सिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में विकसित हो रही अवधारणाओं पर विचार होगा इसके साथ ही कार्यशाला में सामाजिक क्षेत्र सिंचाई तथा कृषि अधोसंरचना ऊर्जा तथा औद्योगिक विकास पर विशेष सत्र होंगे इन सत्रों में विषय विशेषज्ञ तथा विभागीय अधिकारी सम्मिलित होंगे डुमरती देवी महिला एव बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि प्रदेश की बेटियाँ पढ़ेंगी और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगी राज्य सरकार इस दिशा में सतत रूप से प्रयास कर रही है वे कल खजुराहों में समुद्दि परियोजना के अंतर्गत एक्सपोजर राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रही थीं यूएनएफटीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि सतत प्रयासों से बेटियों की तरक्की को लेकर परिवार और समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है इस अवसर पर उन्होंने समृद्धि मोबाइल एप का लोकार्पण किया जिसके जरिए विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिपुर के विभिन्न प्रकार के खान पान के बारे में मणिप्र के स्थानीय भोजन में मुख्य रूप से चावल तथा मछली प्रसिद्ध है मछली की करी जिसे नगा थोंगबो के नाम से जाना जाता है लोगो को बहत अधिक पसंद हैं मणिपूर में शाकाहारी खाने के रूप में ऊटी खाना प्रसिद्ध है चामथोंग जो सब्जियों के साथ बनाया जाता है यहां का सबसे खास व्यंजन है यह सूप जैसी होती है इसे मौसमी सब्जियों को उबालकर बनाया जाता है इसे चावल और मछली के साथ भी खाया जाता है इसी तरह ऐरोबा भी यहां पसंद किया जाता है मछली को उबालकर उसे ड्राई करके इसे बनाया जाता है जो चावल के साथ परोसी जाती है इसी तरह मीठे में चाहाओ खीर बनाई जाती है यह खीर चावल द्रध और कुछ फलों को मिलाकर बनाई जाती है मणिपूर के लोग बिना तेल का पकाया हुआ खाना बहत ज्यादा पसंद करते है मणिपूर घूमने आए लोग यहां के स्थानीय स्वाद को चखे बिनो वापस नहीं जाते लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं वे इंदौर में विराजित जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से मुलाकात के बाद वैष्णव विद्यापीठ विष्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे श्री बिरला इंदौर के रेसीडेंसी में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और एक विवाह समारोह में षामिल होने के बाद दिल्ली रवाना होंगे वहीं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति इरानी रतलाम जिले के सैलाना में कृषि विकास मेले का श्भारंभ करेंगी केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र भी आज प्रदेश के प्रवास पर है

वहीं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी इन्दौर में संवाददाताओं को संबोधित करेंगे

इससे पहले एनपीआर का मध्य प्रदेश में राजपत्र जारी होने का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया था जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी डिण्डोरी कार्यशाला डिण्डोरी के शासकीय चन्द्रविजय महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत कल जल संरक्षण और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षकों ने अपनी सहभागिता दी छात्र सौरभ बड़गैया ने कार्यक्रम को लेकर आकाशवाणी से बात की

राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में दिन में चिलचिलाती धूप से गर्मी की आमद का अहसास होने लगा है हालांकि रात और सुबह के वक्त अभी ठंड महसूस की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल दो पश्चिमी विक्षोभ एक साथ आने की संभावना है इससे हवाओं के टकराव से नमी आएगी और मौसम बदल सकता है

इसके बाद फिर पारे में गिरावट आने के आसार हैं

इस दौरान द्र्घटना मामलों में अन्वेषण किये जाने और क्लेम प्रकरणों के संबंध में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई